स्वास्थ्य सलाह फ्लेगशिप केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियाती उपायों का पालन करें मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में लोगों को बड़ी सभाओं में हिस्सा न लेने की सलाह दी गई है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संदिग्ध लक्षणों वाले व्यक्तियों को घर में अलग थलग रखने के बारे में मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों को पालन करने की लोगों से अपील की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था लोगों तथा उनके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिये है कोरोना जिले प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है अशोक नगर जिले के करीला में आयोजित मेले को देखते हुए खास प्रबंध किये गये है

इंदौर में आयोजित राग अमीर समारोह स्थगित कर दिया गया है वहीं खंडवा में विश्व उपभोक्ता दिवस पर कल आयोजित कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया

इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढाना और जमाखोरी रोकना है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत यह निर्णय लिया गया है केन्द्र ने सर्जिकल मास्क सैनिटाइजर और ग्लव्स की उपलब्धता और कीमतों पर नियमन के लिए आपदा प्रबंधन हैण्ड अधिनियम लागू कर दिया है इससे राज्यों को इनके उत्पादन वितरण और कीमतों पर नियमन तथा इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी

फ्लोर टेस्ट प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां राज्यपाल लालजी टंडन ने मुलाकात कर अनुरोध किया वे राज्य सरकार को बहुमत साबित करने के लिए निर्देश दें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और उन्हें इस संबंध में एक पत्र दिया

श्री चौहान ने दावा किया कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में हैं और उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है इसलिए वह तुरंत सदन में बहुमत साबित करे पीसीशर्मा प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच अध्यात्म और जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा ने आज कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है

इसके पूर्व उन्होंने आगरमालवा के नलखेडा स्थित सिद्दपीठ मां बगुलामुखी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की

भाजपा नेताओं के अनुसार कल जब श्री सिंधिया भोपाल एयरपोर्ट जा रहे थे तब कमला पार्क इलाके में कुछ लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात तक श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन में धरना भी दिया था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री सिंधिया पर कार को रोककर और उन पर पत्थर फेंककर हमला करने का प्रयास किया गया इससे साफ पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है उन्होंने कहा कि हमने इस घटना की जांच की मांग की है

इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कर चुके हैं अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को प्रादेशिक समाचारों के साथ किया जाता है रंगपंचमी प्रदेश में आज रंगपंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रंगपंचमी आपसी भाईचारे की परम्परा को समृद्ध करने और बहुरंगी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला पर्व है बड़वानी खण्डवा उज्जैन और धार सहित मालवा और निमाड़ अंचल के विभिन्न हिस्सों में रंगों का ये त्यौहार होली के पांचवे दिन मनाया जाता है राजधानी भोपाल के पुराने और नये शहर से चल समारोह निकाले गये हालांकि कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए इंदौर में निकलने वाली वैष्यिक ख्याति प्राप्त गेर को इस वर्ष निरस्त कर दिया गया है सीहोर में परंपरागत रूप से चल समारोह निकाल गया इसमें समारोह में ऊंट और घोडे भी शामिल रहे खंडवा में भी चल समारोह निकालकर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया होशंगाबाद में हुरियारों की टोली ने शहर में रंगारंग जुलूस निकाला उधर आगरमालवा में गोपाल मंदिर से रंगारंग गेर निकाली गयी वहीं जिले में फाग यात्रा भी निकाली गयीं वहीं राजगढ़ गुना और रतलाम में भी इस अवसर पर हुरियारों की टोलियां रंग गुलाल उड़ाती हुई निकली मौसम बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सिवनी उमरिया और सीधी सहित कई जिलों में रबी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार पांच दिनों से हो रही बारिश से आज लोगों को कुछ राहत मिली है जिला प्रशासन ने राजस्व अमले को बारिश और ओले से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिये है वहीं मंडला जिले के विभिन्न हिस्सों में कल शाम से ही रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है छिंदवाड़ा जिले के कई विकासखण्डों में भी बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है मौसम विभाग ने आज रीवा संभाग के साथ ही बड़वानी अलीराजपुर झाबुआ रतलाम सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़नें और कहीं कहीं ओलावृष्टि की आशंका जताई है उत्पाद शुल्क पेट्रोल केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत पर इसका मामूली असर पड़ेगा

बोर्ड ने एक बयान में कहा कि क्रिकेट बोर्ड खेल प्रशंसकों और आईपीएल से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजग है

सर्वे के लिये पांच सदस्यीय टीम दो दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी